कोरोना के बढते प्रभाव के चलते कोटा रेल मंडल ने जयपुर से बयाना जाने वाली यात्री रेलगाडी को आगामी आदेश तक रद्द कर दिया है केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें

उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की इस बढती मांग को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे है चिकित्सा विभाग के सचिव सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि राज्य में आपात हालात को देखते हुए गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन टैंकरों की वायुमार्ग से आपूर्ति की गई है

प्रदेश में कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग के साथ ही अब विभिन्न सामाजिक संगठन आगे आ रहे है

इस प्लांट का उद्घाटन विधायक संयम लोढा ने किया

प्रदेश में लगातार कोविड टीकाकरण का काम जारी है

लोगों को घर में रहने और मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना करने के लिए समझाइश की जा रही है इसी कडी में कल झुंझुनू के मंड्रेला में पुलिस के जवानों ने फ्लेगमार्च किया बीकानेर में कोविड गाईडलाइन का उल्लंघन करने पर दो दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया इसी तरह सवाईमाधोपुर में कोविड गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर चालान काटे गये आज हनुमान जयंती है इस अवसर पर मंदिरों और घरों में हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना और रामचरित मानस सुंदरकाण्ड और हनुमान चालिसा के पाठ किये जा रहे हैं हालांकि कोरोना संकमण को देखते हुए सामूहिक कार्यकम नहीं हो रहे है